राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर तिहत्तर प्रतिशत से अधिक हुई

खगड़िया में अधिकारियों को अलर्ट पर रहने का निर्देश चुनाव आयोग कोरोना संकट के बीच बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तीन दिनों के भीतर व्यापक दिशा निर्देश जारी करेगा सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श के बाद चुनाव आयोग ने इस संबंध में निर्देश जारी किया आयोग ने कहा है कि कोविड उन्नीस के मद्देनजर गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप विस्तृत गाईडलाईन तैयार होगा साथ ही राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भी स्थानीय स्थितियों के मद्देनजर दिशा निर्देश तैयार करने को कहा गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से कोविड महामारी के कारण मौजूदा मॉनसून मौसम के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि यह मौसम में बदलाव और विषाणु जनित रोगों के फैलाव का समय है इसे देखते हुए सतर्कता और एहतियाती उपाय जरूरी हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार रिथति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रभावित लोगों का समुचित देखभाल सुनिश्चित कर रही है प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर तिहत्तर प्रतिशत से अधिक हो गयी है पिछले चौबीस घंटों में चार हजार चौंतीस मरीजों को उपचार के बाद छूट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर अस्सी हजार सात सौ चालीस हो गयी है जबकि इस वैश्विक महामारी से राज्य में अब तक पांच सौ अंठावन लोगों की मृत्यू हो चूकी है वहीं एक दिन में तीन हजार दो सौ संतावन नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या एक लाख नौ हजार आठ सौ पचहत्तर हो गयी है सबसे अधिक प्रभावित पटना जिला है जहां अब तक सत्रह हजार दो चौ चौरानवे मामलों की पुष्टि हो चुकी है जिले में अब तक तेरह हजार सात सौ चौरानवे लोग स्वस्थ हुये हैं जबकि एक सौ सात लोगों की मृत्यु हुई है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक लगभग उन्नीस लाख कोविड नमूनों की जांच की गयी है मामलों के पॉजिटिव पाये जाने की दर तीन प्रतिशत से भी कम है बिहार में दूसरे चरण का सीरो सर्वे आज से शुरू होगा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के निर्देश पर आरएमआरआई पटना द्वारा छह जिलों अरवल मुजफ्फरपुर बक्सर बेगूसराय मधुबनी और पूर्णियां में यह सर्वे होगा सीरो सर्वे से इस बात का पता चलता है कि संक्रमण का सामुदायिक स्तर पर कितना प्रसार हुआ है और लोगों के अंदर रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कितनी विकसित हुई है सीरो सर्वे के परिणाम के आधार पर महामारी के प्रसार को रोकने की रणनीति भी तैयार की जाती है केन्द्र सरकार ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए देश में तीन वैक्सीन पर काम चल रहा है कोविड उन्नीस पर अधिकार प्राप्त समूह के प्रमुख डॉक्टर वीकेपॉल ने बताया कि ये टीके विभिन्न चरणों के परीक्षण में हैं

बाकी दो फेस वन फेज दू में है उनकी हमने रिव्यू किया है और उसमें अच्छी प्रोग्रेस हो रही है हम अपनी स्पीड से ठीक तरह से बढ़ रहे हैं

श्री पॉल ने बताया कि टीके के उत्पादन की मंजूरी मिलने की स्थिति में देश में बड़े पैमाने पर इसकी आपूर्ति के बारे में सरकार निजी भागीदारों के साथ मिलकर काम कर रही है कोरोना से स्वस्थ हो चुके लोगों में हो रही स्वास्थ्य समस्याओं के निदान के लिए पटना एम्स में पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट सेंटर की शुरूआत होगी एम्स निदेशक डॉक्टर प्रभात सिंह ने यह जानकारी दी कोविड मरीजों के इलाज में मनमाना शुल्क वसूलने की शिकायत पर पटना के एक निजी अस्पताल के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है इस संबंध में कंकड़बाग थाने में हॉस्पीटल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है अस्पताल द्वारा एक मरीज से इलाज के नाम पर छह लाख रूपये लिया गया और उसे बिल भी उपलब्ध नहीं कराया गया था सीतामढ़ी में लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में जिला कांग्रेस अध्यक्ष विमल शुक्ला समेत बारह नामजद और दो दर्जन अज्ञात लोगों पर डुमरा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है कोरोना संकट को देखते हये गया का विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला इस बार आयोजित नहीं होगा राज्य सरकार ने संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए यह फैसला किया है राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि कोविड उन्नीस के कारण पितृपक्ष मेले में आने वाले पिंडदानियों द्वारा सामाजिक द्री के अनुपालन में होने वाली कठिनाईयों और सम्भावित संक्रमण को देखते हुये मेला स्थगित किया गया है यह मेला इस बार दो सितम्बर से शुरू होने वाला था केन्द्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत कम संख्या में प्रवासी श्रमिकों के बीच खाद्यान्न वितरण के बारे में मीडिया में आ रही खबरों को बेबुनियाद बताया है खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने कहा है कि ऐसी खबरें वास्तविक तथ्यों पर आधारित नहीं हैं विभाग ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या अन्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे में नहीं आने वाले प्रवासी श्रमिकों की वास्तविक संख्या किसी भी एजेंसी के पास उपलब्ध नहीं है इसके बावजूद राज्यों को आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत खाद्यान्न की अधिक मात्रा आवंटित की गयी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल स्वच्छता सर्वेक्षण दो हजार बीस का परिणाम जारी करेंगे इस दौरान श्री मोदी मुंगेर में सामुदायिक शौचालय के लाभुकों से वीडियो कांफ्रेंस के जरिये बातचीत भी करेंगे मुंगेर नगर निगम द्वारा एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया गया है जिसका सामुदायिक संचालन होता है और इसका उपयोग पैंतालीस परिवार करते हैं हर परिवार शौचालय की साफ सफाई और प्रबंधन के लिए प्रतिमाह चालीस रूपये का अंशदान करता है प्रदेश में बाढ़ की रिथिति गम्भीर बनी हुई है गंगा और गंडक नदी में उफान के कारण नये इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है खगड़िया जिले में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नौ सेंटीमीटर ऊपर चला गया है जिस कारण कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है परबत्ता और गोगरी प्रखंड क्षेत्र के निचले इलाकों में रहने वालों लोगों की परेशानियां बढ़ गयी हैं जिला प्रशासन ने स्थानीय अधिकारियों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है इधर गंगा नदी का पानी मुंगेर जिले के दियारा क्षेत्र के साथ ही तटवर्ती क्षेत्रों के निचले इलाकों में फैल गया है जिले का प्रसिद्ध सिद्धपीठ चंडिका स्थान चारों तरफ से पानी से घिर गया है इधर बेगूसराय जिले के मटिहानी और शाम्हो में गंगा का पानी प्रवेश कर रहा है मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि गंडक नदी में उफान के कारण स्थिति अब भी गम्भीर बनी हुई है ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है

समस्तीपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि कल्याणपुर सिंधिया बिथान समेत नौ प्रखंडों की तीन लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है बागमती नदी में उफान के कारण दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर रेल परिचालन ठप है इधर सारण जिले में गंडक और माही नदी के जलस्तर में हो रही वृद्धि से नये इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है दिघवाड़ा भेल्दी मार्ग पर पानी चढ़ जाने से आवागमन प्ररी तरह ठप हो गया है वहीं दरियापुर दरिहारा मार्ग भी कई जगह क्षतिग्रस्त हो चुका है माही नदी के जलस्तर में वृद्धि से रहीमपुर से लेकर अहिमनपट्टी तक दबाव तेजी से बढ़ा है सोनपुर के नये इलाकों में गंडक नदी का पानी प्रवेश कर रहा है प्रशासन द्वारा नदी के किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है वहीं द्रसरी तरफ गोपालगंज जिले के बरौली बैकुंठपुर और सिधवलिया प्रखंड के कई गांवों में गंडक नदी का पानी दो फूट तक बढ़ गया है तीनों प्रखंड के एक सौ नवासी गांव जलमग्न है महम्मदपुर मशरक स्टेट हाई वे और बढ़ैया बरौली मुख्य मार्ग पर पानी के आ जाने से आवागमन बाधित हुआ है दरभंगा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है प्रभावित क्षेत्रों से पानी उतरने लगा है कोसी नदी में उफान से सुपौल सहरसा और मधेपुरा जिले में बाढ़ की स्थिति अब तक सामान्य नहीं हो सकी है इधर आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार सोलह जिलों के एक सौ तीस प्रखंडों की एक हजार तीन सौ बारह पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं बयासी लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है प्रभावित क्षेत्रों में बारह राहत शिविर और पांच सौ चालीस सामुदायिक रसोई घरों का संचालन किया जा रहा है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की सत्ताईस टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं राज्य सरकार ने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छठे चरण के शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है शिक्षा विभाग ने दिव्यांगों द्वारा पटना उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका पर आये फैसले के आलोक में नियोजन प्रक्रिया को रोकने का निर्णय किया है गौरतलब है कि नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाईंड्स द्वारा पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गयी थी जिसमें कहा गया था कि नियोजन प्रक्रिया में आरक्षण के तय मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है छठे चरण के तहत राज्य के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में तीस हजार से अधिक शिक्षकों का नियोजन होना है राज्य सरकार ने उर्वरकों की कालाबाजारी की जांच का आदेश दिया है राज्य में एक ही आधार संख्या पर बड़ी मात्रा में उर्वरकों की बिक्री की खबर के बाद कृषि विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को अपने अपने जिले में बीस ऐसे ग्राहकों की जांच करने को कहा है जिन्होंने सबसे अधिक खाद की खरीद की है जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में शहीद सीआरपीएफ के जवान खुर्शीद खान और लवकुश शर्मा का आज पूरे पुलिस सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार होगा ख़ुर्शीद खान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव रोहतास जिले घ्रसियाकलां और लवकुश शर्मा का पार्थिव शरीर जहानाबाद जिले के अहिरा पहुंच गया है पार्थिव शरीर के पहुंचते ही स्थानीय लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा लोग भारत माता की जय और शहीद जवान अमर रहे के नारे लगा रहे थे अगले वर्ष होने वाली इंटर की वार्षिक परीक्षा के लिए आज से फॉर्म भरा जायेगा छात्र अपने स्कूल के माध्यम से ऑनलाईन फॉर्म भर सकते हैं अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां नियोजित शिक्षकों के लिए नयी सेवा शर्त को कैबिनेट की मंजूरी आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है दैनिक भास्कर लिखता है नियोजित शिक्षकों का पन्द्रह प्रतिशत बढ़ा वेतन ईपीएफ और मनचाहे ट्रांसफर का लाभ भी प्रभात खबर ने लिखा है एक सौ अस्सी दिनों का मातृत्व और पन्द्रह दिनों का पितृत्व अवकाश भी मिलेगा आश्रितों को मिलेगी अनुकंपा के आधार पर नौकरी हिन्दुस्तान ने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से जुड़ी खबर का शीर्षक दिया है सीबीआई जांच पर फैसला आज दैनिक जागरण की सुर्खी है अक्टूबर में जारी हो सकती है विधानसभा चुनाव की अधिसूचना दैनिक आज ने लिखा है सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी का बयान परीक्षा कराये बिना डिग्री देने पर राज्य निर्णय नहीं कर सकते हैं राष्ट्रीय सहारा की सूर्खी है क्रिकेटर रोहित शर्मा समेत पांच को खेल रत्न की सिफारिश

राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर तिहत्तर प्रतिशत से अधिक हुई

खगड़िया में अधिकारियों को अलर्ट पर रहने का निर्देश